नवरात्र शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व अन्य मंदिरों में कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हुए सुबह से ही श्रद्धालु मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं

लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

लोगों के अनुसार इलाके में कई कम क्षमता के ट्रांसफार्मर और लाइनों के रोज़ाना क्षतिग्रस्त होने से ये समस्या पेश आ रही है ज़िला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने विद्युत बोर्ड से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कंडक्टर भर्ती मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है परीक्षा केन्द्रों से दो अभ्यर्थियों ने मोबाइल से बाहर भेजे पर्चे एक गिरफ्तार पंजाब केसरी का शीर्षक है अभ्यर्थी ने फोटो खींच व्हाट्सएप पर डाल दिया पेपर दो गिरफ्तार दैनिक जागरण के शब्द हैं कंडक्टर भर्ती का पेपर लीक दो धरे मुख्यमंत्री ने दिये जांच के आदेश दिव्य हिमाचल ने लिखा है कंडक्टर भर्ती फिर विवादों में हिमाचल दस्तक के मुताबिक पेपर फेसबुक पर वायरल शिमला के एक परीक्षा केन्द्र में बड़ी लापरवाही पुलिस ने दर्ज की एफआईआर वहीं आपका फैसला की सुर्खी है व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया कंडक्टर भर्ती का पेपर अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल में तीन चरणों में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव पुनर्गठन से प्रभावित न होने वाली पंचायतों में सबसे पहले डलेंगे वोट जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में जनवरी में होंगे पंचायत चुनाव

हिमाचली मूल के गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में चुने गए सांसद सीएम ने दी बधाई आपका फैसला की खबर है